अलवर जिले की रामगढ विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के निधन की वजह से वहां मतदान स्थगित कर दिया गया है कल होने वाले मतदान में राज्य के पौने पांच करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे

दिव्यांगजनों और उनके सहायकों को घर से लाने ले जाने के लिए भी परिवहन की व्यवस्था की गई है दिव्यांग मतदाताओं के लिए ब्रेल में वोटर स्लिप एवं इपिक कार्ड का वितरण भी किया जा रहा है

निर्धारित केन्द्रों पर भी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है

मतदान के कुछ घंटे शेष रहते मतदान दल अपने गंतव्यों तक पहुंच चुके हैं आज सुबह अंतिम प्रशिक्षण के साथ ही इनकी रवानगी कर दी गई थी मतदान कार्य में लगे कर्मचारियों ने डाक मत पत्रों के जरिये आज ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया मतदान केन्द्रों पर सेक्टर अधिकारी और माइको आब्जर्वर्स ने अपने केन्द्रों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और निष्पक्ष तथा सुगम मतदान के लिए आवश्यक इंतजामों की बारीकी से जांच की इस बीच आज प्रत्याशियों ने घर घर सम्पर्क कर मतदाताओं को रिझाने के लिए अंतिम प्रयास किया

पुलिस महानिदेशक ओपी गल्होत्रा ने बताया कि पुलिस ने स्वतंत्र निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है

वीवीपीएटी मशीनें प्रदेश में पहली बार इस्तेमाल की जा रही हैं जिससे मतदाता अपने मत की पुष्टि भी कर सकेंगे

निर्वाचन विभाग द्वारा कल प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है प्रतिद्वंदी पार्टियों और प्रत्याशियों पर छींटाकशी करने वाले तथा भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किये गये हैं विज्ञापनों के प्रकाशनों से पूर्व निर्वाचन विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया गया है

हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास बसी बस्तियों में बीएसएफ के जवान विशेष सतर्कता बरत रहे हैं

इसके अलावा विधायकों और सांसदों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र भी मतदान के लिए मान्य रहेंगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद क्मार ने बताया कि यदि मतदाता की पहचान एपिक कार्ड से सुनिश्चित होती है तो फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र में लेखनी और वर्तनी की अशुद्धियों को नजरंदाज किया जा सकेगा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद भवन परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्वासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि दी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य गण्यमान्य नेताओं ने भी संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की

सवाईमाधोपुर में विभिन्न संगठनों की ओर से श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गई तथा डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया

केन्द्र सरकार ने यह फैसला करते हुए कहा है कि इससे गैरबीमाकृत लोगों को भी इलाज का लाभ मिल सकेगा

न्यायमूर्ति मदन बी लोक्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गड्ढ़ों की वजह से इतनी ज्यादा मौते होना स्वीकार्य नहीं है

पीठ ने कहा कि अधिकारी सड़कों की देखरेख और रखरखाव पर ध्यान नहीं दे रहे हैं